प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने और तंबाक छोडने की अपील की

केन्द्र ने प्याज की बढ़ती कीमत पर काबू पाने के लिए हर तरह की प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया घट स्थापन के साथ ही प्रदेश में आज से शारदीय नवरात्र की शुरूआत

सरकार गांधी जयन्ती पर देशभर में फिट इंडिया प्लॉगिंग रन का आयोजन करेगी जॉगिंग करते समय कचरा उठाने का यह एक अनूठा अभ्यास है आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जॉगिंग करते समय कचरा उठाने की एक नई पहल प्लॉगिंग की ओर राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया

एक बार इस्तेमाल होने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक को नकारने की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि समूचा विश्व भारत की ओर देख रहा है जिसने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाने की पहले की है उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि लोग अगले महीने की दो तारीख को सिंगल यूज प्लास्टिक की समस्या से मुक्ति पाने के अभियान में बड़ी संख्या में शामिल होंगे प्रधानमंत्री ने लोगों से तम्बाकू छोड़ने की भी अपील की और कहा कि उन्हें ई सिगरेट के छलावे में नहीं आना चाहिए

प्रधानमंत्री ने लोगों से सोशल मीडिया पर भारत की लक्ष्मी हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए अपनी बेटियों की उपलब्धियों का वर्णन करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में बेटियों को लक्ष्मी माना जाता है प्रधानमंत्री ने कहा कि नवरात्र के प्रारंभ के साथ ही आज से त्यौहारों का मौसम शुरू हो गया है उन्होंने लोगों से इस मौसम में उदारता दिखाते हुए उन वस्तुओं का दान करने का अनुरोध किया जिसे वे उपयोग में नहीं ले रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि इस तरह की वस्तुओं को गरीबों और वंचित लोगों के साथ साझा करने की जरूरत है

इस अवसर पर उन्होने कहाँ कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्त्तव्यों का भी उल्लेख है नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी जागरूक किया जाना चाहिए

सरकार ने सातवीं बार समय सीमा बढ़ाई है केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सी बी डी टी ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है आयकर से संबंधित कार्यो के लिए अब दो विशिष्ट पहचान अनिवार्य हैं पिछले वर्ष सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया था और व्यवस्था दी थी कि आयकर रिटर्न भरने तथा पैन कार्ड के लिए बायोमेट्रिक पहचान अनिवार्य बना रहेगा

कांग्रेस की तरफ से नागौर जिले के खींवसर से हरेन्द्र मिर्घा और झन्झन् जिले के मण्डावा से रीट चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है भाजपा ने मण्डावा से सुशीला सीगड़ा को अपना उम्मीदवार बनाया है जबकि खींवसर से उनके गठबंधन सहयोगी आरएलपी ने नारायण बेनीवाल को उम्मीदवार घोषित किया है इन दोनों स्थानों के लिये नामांकन पत्र भरने की कल अंतिम तिथि है

वाणिज्य मंत्रालय ने प्याज के निर्यात पर रोक संबंधी नीति में संशोधन कर यह फैसला लिया है

यह जानकारी जयपुर सहकारी भूमि विकास बैंक प्रशासक और अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर इकबाल खान ने रविवार को यहां सहकार भवन में बैंक की वार्षिक साधारण सभा में दी उन्होंने बताया कि ँजिन किसानों के ऋण माफ हुये हैं ऐसे सभी किसानों की रहन रखी हुई भूमि को उनके नाम करने के लिये कार्यवाही की जा रही है इस वर्ष मानसून के दौरान हुई अच्छी बरसात से देश के अनेक बाघ अम्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटन कार्य को आगामी दिनों के लिये बंद करने के आदेश दिये गये हैं

श्रद्धाल नवरात्र में नौ दिन व्रत रखेंगे तथा इस दौरान शक्ति की देवी मां दूर्गा के विभिन्न स्वरुपों की पूजा अर्चना करेंगे नवरात्र के पहले दिन जयपूर में शिला माता के मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लग गईं कई श्रद्धालुओं ने पहले मंदिर मेँ दर्शन किये और बाद में घर पर घट स्थापना की जबकि कई लोग घट स्थापना करने के बाद मंदिर में दर्शन के लिए आए इसी तरह प्रदेश में जोधपूर अजमेर उदयपूर बीकानेर जैसलमेर भरतपूर अलवर सहित सभी जिलों में नवरात्र का पर्व बड़े जोश के साथ मनाया जा रहा है और घट स्थापना के साथ ही मंदिरों में श्रद्वालु उमड़ पड़े

जैसलमेर जिले के प्रसिद्ध तनोट माता मंदिर में आज से श्रद्वालुओं का आना शुरू हो गया है जो नौ दिन तक जारी रहेगा हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि बीएसएफ की तरफ से श्रद्धालुओं के लिये खाने और दवाईयों का इंतजाम किया जायेगा

जहां उनका पूर्ण सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जायेगा गौरतलब है कि कल आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान सेना के जांबाज जवान नायक राजेंद्र सिंह शहीद हो गए थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नायक राजेन्द्र सिंह की शहादत पर संवेदना व्यक्त की है

प्रतापगढ में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कठप्रतली कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को ध्रम्रपान की बुराईयों की जानकारी दी गई

बीकानेर जिले के छत्तरगढ तहसील में इंदिरा गांधी नहर की माइनर दूट जाने से किसानों के खेत जलमग्न हो गये सिंचाई विभाग द्वारा नहर की मरम्मत की जा रही है